सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में आज एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती सौ दिनों के दौरान किये महत्वपूर्ण कामों का लेखाजोखा पेश किया उन्होंने दावा किया कि जनहित के जो काम इस सरकार ने किये है इससे पहले शायद किसी सरकार ने ऐसे काम नहीं किये हैं श्री जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि मोदी सरकार के सौ दिनों के कामों ने देश के नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाया है देश के विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ी है साथ ही व्यवस्था में भी पारदर्शिता आयी है

उन्होंने कहा कि इस दौरान किये गये तमाम फैसलों की तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले ही कर ली गयी थी इसमें देश की अर्थव्यवस्था को पांच खरब अमेरिकी डालर के स्तर तक ले जार्ने के लक्ष्य को भी पूरा करने की कार्ययोजना भी शामिल है जिसे सरकार ने लागू करने का रोडमैप पिछले कार्यकाल में ही तय कर लिया था जावडेर सीएम मुलाकात केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि इस महीने इसरो द्वारा सभी नदियों की भैपिंग की जायेगी इससे नदी के सतह पर जमा खनिज की उपलब्यता की जानकारी प्राप्त होने को साथ ही उसके वैज्ञानिक दोहन के लिये पारदर्शी प्रक्रिया और निकासी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी इससे उत्तराखंड को फायदा मिलेगा देहरादून में कल मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक हेक्टेयर तक के वन भूमि के प्रस्तावों की मंजूरी के लिए रीजनल आफिस अब डिसीजन आफिस के रूप में कार्य करेंगे उन्होंने आश्वासन दिया कि डिग्रेटेड फॉरेस्ट में राज्य की योजनाओं के लिए भी क्षति पृर्ति वक्षारोपण की अनुमति दी जायेगी अभी तक इसमें केन्द्र की योजनाओं के लिए ही व्यवस्था रही है

चंद्रयान इसरो प्रमुख डॉ के सिवन ने कहा है कि चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की लोकेशन मिल गई है ऑर्बिटर ने लैंडर की एक थर्मल इमेज क्लिक की है लेकिन अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है उन्होंने बताया कि लैंडर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है

इसरो ने कहा कि मिशन प्रबंधन ने ऑर्बिटर के लिए निर्घारित एक वर्ष के बदले लगभग सात वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया है वहीं अमेरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो के चन्द्रयान दो मिशन की सराहना की है नासा ने कहा है कि चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रूव पर चन्द्रयान दो उतारने का इसरो का प्रयास सराहनीय है अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इसरो के मिशन से उसे प्रेरणा मिली है और भविष्य में वह इसरो के साथ मिलकर सौर प्रणाली के आगे अन्वेषण के लिए उत्सुक है सीएम हरिद्वार प्रदेश में अमरनाथ की तर्ज पर पैदल छड़ी यात्रा निकालने का प्रस्ताव जूना अखाड़े की तरफ से प्राप्त हुआ है यह यात्रा पहले हरिद्वार से चलती थी जो बाद में किसी कारण से बंद की गयी थी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार इस यात्रा को लेकर हर संभव मदद करेगी

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज हरिद्वार में कई कार्यक्रमो में भाग लिया अपर मुख्य सचिव राजधानी देहरादून से अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने के बाद शहर का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा

ओमप्रकाश ने कहा कि देहरादून शहर एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने के लिये अग्रसर है इसलिये आम जनमानस को स्मार्ट सिटी जैसे शहरों से अपेक्षा रहती है कि इसमें बुनियादी सुविघाओं का विकास हो उन्होंने कहा कि शहर में गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है जिससे ट्रैफिक जाम की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है अवैध अतिक्रमणों को हटाये जाने के बाद ऐसी कठिनाईयों से निजात भिल सकेगी टूरिज्म सम्मान समारोह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरकार का प्रयास प्रदेश में अधिक से अधिक आउटडोर पर्यटकों को आकर्षित करना है इसके लिये आवागमन के संसाधनों का विकास किया जा रहा है देहरादून में आयोजित सस्टेनेबल हिमालयन दूरिज्म सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही चारधाम सड़क व ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना धरातल पर दिखाई देगी उन्होंने कहा कि राज्य में रेल सडक व हवाई सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में हैली सेवा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि राज्य के सुदूरवर्ती सीमान्त क्षेत्रों के नैसर्गिक सौन्दर्य को देखने देश और दुनिया के पर्यटक आ सकें

रविवार रात करीब दो बजे के आसपास घाट ब्लाक के धूर्मा गांव के ऊपर बादल फटने की छठी घटना घटी इस घटना में चार आवासीय भवनों समेत अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है अतिवृष्टि के कारण सेरा गांव में भी एक आवासीय भवन परी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है भूस्खलन के कारण पेयजल लाईन सिंचाई गूल पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं जगह जगह पुस्ता ढहने से कई मकानों को भी खतरा बना हुआ है खेतों में भी मलबा आने से फसलों को खासा नुकसान हुआ है गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि व पशहानि नही हई है बादल फटने की सचना मिलते ही राजस्व टीम ने घटना स्थल पर पहंचकर प्रभावित परिवारों को राहत दी प्रभावितों को तत्कालिक सहायता के तौर पर रसद और जरूरी सामान वितरित किया जा रहा है राजस्व टीम के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का आंकलन भी किया जा रहा है आए दिन बादल फटने की घटनाओं को देखते हए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नदी नाले गदेरे के आसपास बसे लोगों से बरसात के दौरान विशेष सर्तकता बरतने और सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की अपील की है

साथ ही पशुहानि और परिसंपित्तयों का न्कसान पहुंचा था शनिवार को भी जोशीमठ के गोविन्दघाट और थराली के गुड़म लोल्टी वाण तलवाड़ी में बादल फटर्ने से परिसंपत्तियों को खासा नुकसान हुआ है गोविन्द घाट से आगे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चार जगहों पर पूरी तरह से वॉशआउट होने से यात्रा बाधित हुई है जिला प्रशासन यात्रामार्ग को सुचारू करने में जुटा है उधर बागेश्वर जिले के कपकोट में अतिवृष्टि से तीन पुल बह गए हैं वहीं सडिंग गांव भूस्खलन की जद में आया गया है शनिवार को हुई बारिश से सुडिंग गांव की जमीन धंसने लगी लोगों ने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों का रुख किया बारिश से ग्रामीणों को पशहानि भी हुई है वहीं उत्तर भारत हाइड्रो पावर कंपनी के पास रात को अतिवृष्टि के कारण एक डैम में मलबा भर गया साथ ही कंपनी के कर्मचारियों के आवास सरयू नदी में बह गए जिससे वहां भगदड़ मच गई आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है कई खेत भी बह गए हैं सौंग गांव में भी भारी भूस्खलन होने से लोगों के खेत रास्ते प्राकृतिक स्रोत बिजली के पोल आदि क्षतिग्रस्त हो गए हैं प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम प्रभावित क्षेत्रो में राहत और बचाव कार्य कर रही है

प्रतियोगिता का पहला मुकाबला पौड़ी और अल्मोड़ा के बीच खेला गया

अल्मोड़ा में पहली बार राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अभियान को समर्पित है इस अवसर पर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष रघ्नाथ सिंह चौहान ने कहा कि अल्मोड़ा हर गतिविधियों में आगे रहा है खेल की द्वनिया में जिले के चिराग सेन लक्ष्य सेन एकता बिष्ट अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं जेठमलानी निधन जाने माने वकील और राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया

पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत के शिकारपुर में जन्मे राम जेठमलानी ने कम उम्र में ही कानून की डिग्री प्राप्त की और भारत के विभाजन से पहले तक कराची में वकालत किया भले ही उन्है शुरूआत में फौजदारी मुकदमों के वकील के रूप में जाना जाता था लेकिन उन्होंने संवैधानिक विषयों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी की वे छह बार राज्यसभा और दो बार लोकसभा के लिए चने गए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कानून न्याय कंपनी मामले शहरी मामले और रोजगार मंत्री के रूप में कार्य किया वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे